आकाशवाणी का कोई भी स्टेशन नहीं होगा बंद कहा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने

कृषि कानून केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों पर किसान यूनियनों के साथ चर्चा चल रही है और जल्द ही समाधान निकल जाएगा कल ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होने आए श्री तोमर ने कहा कि कृषि सुधारों की प्रक्रिया किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली साबित होगी बाद में ग्वालियर में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए उधर नए कृषि कानूनों पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में संभागस्तरीय किसान सम्मेलनों का आयोजन किया रीवा में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी किसी भी कीमत पर बंद नही होगीं ग्वालियर इंदौर और सागर में भी किसान सम्मेलनों का आयोजन किया गया वहीं सागर में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया शिवपुरी में नए कृषि कानूनों की जानकारी देने के लिये भाजपा नेताओं ने किसान चौपाल लगाई

वित्तमंत्री के साथ वित्त सचिव डॉक्टर अजय भूषण पांडे आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रहमण्यन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे वित्तमंत्री ने शीर्ष उद्योगपतियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया था

उन्होंने कहा कि स्टेशनों को न तो डाउनग्रेड ग्रेड किया जाएगा और न ही रिले केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसी ने जानबूझ कर इस मामले में अफवाह फैलाने का प्रयास किया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पती को एशिया पेसिफिक प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी

इस बैठक के दौरान दोनों नेता कोविड के बाद आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने सहित द्विपक्षीय संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे

सब्सिडी का पैसा किसानों के खातों में जमा कराया जाएगा

श्री जावडेकर ने कहा कि इसका लाभ पांच करोड़ किसानों और पांच लाख श्रमिकों को होगा एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल की कार्यसमिति ने छह राज्यों के लिए अंतर राज्य पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा निर्देशों को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इन दिशा निर्देशों के अन्तर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के हित लिए सरकार विश्वसनीय स्रोतों और उत्पादों की सूची घोषित करेगी

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा

मनरेगा केन्द्र सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कल मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं

इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी किकेट भारत और आस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला डे नाइट मैच आज से एडिलेड में खेला जाएगा इस मैच के लिए भारत ने अंतिम एकादश की घोषणा कर दी है सलामी बल्लेबाज के तौर पर मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ को चुना गया है ऋधिमान साहा को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह दी गई है लोकेश राहुल और रविन्द्र जडेजा को टीम में स्थान नहीं मिला है